राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली पर लोगों को बधाई दी बुलेटिन की शुरूआत से पहले ये संकल्प कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकज़्ट होकर लड़ रहा है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

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज शाम राज्यपाल से मुलाकात कर अपना इस्तीफा सौंपा और विधानसभा को भंग करने की सिफारिश की राज्यपाल ने मुख्यमंत्री का इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें नई सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने को अधिकृत किया है इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अंतिम बैठक आयोजित की गयी जिसमें विधानसभा को भंग करने और नई सरकार की गठन पर चर्चा की गयी एनडीए विधायक दल के नवनिर्वाचित विधायकों की पन्द्रह नवम्बर को पटना में बैठक होगी जिसमें नई सरकार के गठन के बारे में फैसला किया जाएगा आज पटना में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के चारों घटक दलों के नेताओं की बैठक के बाद नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की उन्होंने कहा कि एनडीए के नवनिर्वाचित विधायक पन्द्रह नवंबर को नई सरकार के गठन के बारे में औपचारिक रूप से फैसला करेंगे नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास पर आयोजित एनडीए की पहली बैठक में सभी चार घटक दलों जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा और विकासशील इंसान पार्टी के नेता ने भाग लिया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जयसवाल केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी ने भी बैठक में हिस्सा लिया जदयू के वरिष्ठ नेता आरसीपी सिंह और विजय कुमार चौधरी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम माझी और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी बैठक में भाग लिया इस बीच एकमात्र निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की है उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद यह फैसला किया श्री सिंह चकाई विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव जीते हैं कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय सदाकत आश्रम में पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक में जमकर हाथापाई हुई बैठक के बीच हंगामा उस समय हुआ जब महाराजगंज से कांग्रेस विधायक विजय शंकर दूबे और विक्रम से विधायक सिद्धार्थ के बीच कांग्रेस विधायक दल का नेता बनने को लेकर बहस हो गई बवाल और हाथापाई के समय बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अविनाश पांडे भी मौजूद थे विधान परिषद के चार शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सम्पन्न चुनाव परिणामों की घोषणा कर दी गयी है पटना शिक्षक सीट पर भाजपा के नवल किशोर यादव को जीत मिली उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार राजद के नारायण यादव को एक हजार दो सौ तिरसठ मतों के अंतर से पराजित किया वहीं दरभंगा शिक्षक क्षेत्र से कांग्रेस के मदन मोहन झा विजयी हुए हैं उन्होंने अपने निकटतम उम्मीदवार भाजपा के सुरेश राय को छह सौ नवासी मतों से पराजित किया तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के संजय सिंह ने निर्दलीय भूषण झा को पराजित कर दूसरी बार जीत हासिल की है सारण शिक्षक क्षेत्र से सीपीआई के केदार पांडेय ने भाजपा के चन्द्रमा सिंह को हराकर जीत हासिल की है वहीं कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के डॉक्टर एन के यादव निर्वाचित घोषित किये गये हैं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार ने राजद के आजाद गांधी को पराजित कर दिया दरभंगा स्नातक निर्दाचन क्षेत्र से चौदहवे चक्र की गिनती के बाद निर्दलीय सर्वेश कुमार जदयू के दिलीप कुमार चौधरी से आगे चल रहे थे प्रदेश में कोविड उन्नीस से स्वस्थ होने की दर बढ़कर छियानवे दशमलव सात नौ प्रतिशत हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है पिछले चौबीस घंटों में कोविड उन्नीस के आठ सौ सत्तर मरीजों को अस्पताल से छुट्टी दी गयी है अब तक दो लाख अठारह हजार आठ सौ अठाईस मरीज ठीक हो चुके हैं इस समय छह हजार अठहत्तर मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है इधर पिछले चौबीस घंटों में पांच सौ इक्यासी नये मरीजों की पहचान हुई है स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक एक सौ उन्यासी नये मामलों की पुष्टि हुई है वहीं मुजफ्फरपुर में इकतीस पूर्णिया में पच्चीस भागलपुर में तेईस नालंदा में बाईस औरंगाबाद में इक्कीस और रोहतास तथा दरभंगा में सत्रह सत्रह नये मामलों की पुष्टि हुई है प्रदेश के अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है भारत में कोविड महामारी से स्वस्थ होने की दर करीब तिरानवे प्रतिशत हो गई है पिछले चौबीस घंटे में उनचास हजार से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक देश में इक्यासी लाख पन्द्रह हजार से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हो चुके हैं इस समय देश में महामारी के रोगियों की कुल संख्या करीब चार लाख चौरासी हजार है पिछले चौबीस घंटे के दौरान चौवालीस हजार आठ सौ चौहत्तर नये मामले दर्ज किए गए जिससे देशभर में संक्रमित लोगों की संख्या सतासी लाख से अधिक हो गई है मंत्रालय ने कहा है कि परीक्षण निगरानी और उपचार की रणनीति पर कारगर तरीके से अमल से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढी है जबकि मृत्यु दर में कमी आई है नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल के प्रशासन प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है डॉक्टर सतपथी ने इस महामारी के समय पांच सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया बाईट डॉक्टर सतपथी पहला है कि हम अपने फेस पर जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं हमें हाथ को अच्छी तरह से धोना चाहिए या फिर एल्कोहल बेस हैंडवॉश से रब करना चाहिए

तीसरा है कि हमें इकट्टा बैठकर क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए अगर इकट्टा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुली जगह पे जहां पे हम दो गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेज डिसइन्फेक्शन के कम होते हैं चौथा है कि जब भी हम खांसे या छींकें हमें कफ ऐटिकेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए यानि कि अपने कोहनियों को मोड़कर उसके अन्दर हम छींकें पांचवां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का न सिम्टम्स हो बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल हो इस तरह के कोई भी सिमटम्स हों तो हमें तुरन्त टैस्ट करा लेना चाहिए नियर बाइ सेंटर में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि संपूर्ण मानवता के कल्याण को समर्पित आयुर्वेद भारत की विरासत है आयुर्वेद दिवस के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय के लिए यह बडी प्रसन्नता की बात है कि हमारे परंपरागत ज्ञान को अब विदेशों में भी अपनाया जाने लगा है बाईट प्रधानमंत्री आयुर्वेद भारत की एक विरासत है जिसके विस्तार में पूरी मानवता की भलाई है ये देखकर किस भारतीय को खुशी नहीं होगी कि हमारा पारम्परिक ज्ञान अब अन्य देशों को भी समृद्ध कर रहा है आज ब्राजिल की राष्ट्रीय नीति में आयुर्वेद शामिल है भारत अमेरिका संबंध हो भारत जर्मनी रिश्तें हों आयुष और भारतीय पारम्परिक चिकित्सा पद्वति से जुड़ा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को परंपरागत चिकित्सा पद्धति का वैश्विक केंद्र स्थापित करने के लिए चुना है

डब्ल्यू एच ओ ने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन इसकी स्थापना के लिए दुनिया में से भारत को चुना है और आप भारत में से दुनिया के लिए इस दिशा में काम हो रहा हैं भारत को ये बड़ी जिम्मेदरी सौंपने के लिए मैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनाइजेशन का विशेष रूप से डब्ल्यू एच ओ के महा निर्देशक मेरे मित्र डॉ ट्रेडोस का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के पीछे बुनियादी सोच यह है कि आयुर्वेदिक शिक्षा के अंतर्गत ऐलोपैथी के तौर तरीकों का ज्ञान भी अनिवार्य रूप से दिया जाना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के प्रकोप के दौरान आयुर्वेद उत्पादों की मांग द्रनियाभर में बडी तेजी से बढी है

लोगों का विश्वास बढ़ा मुझे बताया गया है कि इस बार अश्वगंधा की कीमत पिछले साल के मुकाबले दो गुनी से भी ज्यादा तक पहुंची है इसका सीधा लाभ इन पौधो इन जड़ी बुटियों की खेती करने वाले हमारे किसान परिवारों तक पहुंचा है श्री मोदी ने कहा कि हल्दी और अदरक जैसी चीजों का निर्यात काफी बढा है क्योंकि इन्हें रोग प्रतिरोध क्षमता बढाने वाला माना जाता है इससे यह साबित हो जाता है कि द्र्नियाभर में आयुर्वेद उपचार और भारतीय जडी बूटियों में लोगों का भरोसा बढा है इंडिया पोस्ट पेयमेंटस बैंक ने डाकिया के जरिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने की सेवा सफलतापूर्वक श्रु की है इससे पेंशन पाने वाले व्यक्ति घर बैठे ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं इस सुविधा को देशभर में उपलब्ध कराने के लिए पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने इंडिया पोस्ट पेयमेंट बैंक के साथ मिलकर डाकियों और ग्रामीण डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सेवाओं का लाभ उठाने की योजना बनाई है इससे घर घर जाकर पेंशनधारकों से डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र हासिल करने में आसानी होगी राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में दीपावली को लेकर बाजारों में काफी रौनक देखी जा रही है आज छोटी दीपावली के अवसर पर बाजारों में खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है लोग लक्ष्मी गणेश की मूर्तियों के साथ ही दीये और मिठाईयां खरीद रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली के पावन अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ दी है राष्ट्रपति ने समाज के विभिन्न वर्गों की ओर से दीपावली त्यौहार को पारम्परिक तरीके से मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला उन्होंने कहा कि इससे भारतीय समाज का एकीकृत और पूर्ण रूप सामने आता है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दीपावली के अवसर पर देश की सीमा पर तैनात बहादुर जवानों के लिए एक दीया जलाने की अपील लोगों से की है इधर राज्यपाल फागू चौहान ने अपने संदेश में कहा है कि दीपावली पर्व हमें अंधकार से प्रकाश असत्य से सत्य और मृत्यु से अमरत्व की ओर अभिमुख होने की प्रेरणा देता है राज्यपाल ने इस अवसर पर सबके लिए सुखी समृद्ध और आनन्दित जीवन की शुभकामना दी है राज्य सरकार ने प्रदेशभर में एक दिसम्बर तक सामान्य पटाखों की बिक्री पर रोक लगा दी है यह रोक सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुरूप लगायी गयी है आदेश में कहा गया है कि पटना गया और मुजफ्फरपुर में सभी प्रकार के पटाखे की बिक्री प्रतिबंधित है जबकि राज्य के अन्य हिस्सों में केवल हरित पटाखे ही बिकेंगे एक सौ पच्चीस डेसीबल से कम आवाज वाले पटाखों की बिक्री को ही अनुमति दी गयी है दीपावली और गुरू पर्व पर मान्य पटाखों का उपयोग रात आठ बजे से दस बजे के बीच होगा जबकि छठ पर्व पर सुबह छह बजे से आठ बजे तक ही लोग पटाखे छोड़ सकेंगे पूर्व मध्य रेल ने त्यौहारों के मद्देनजर पहले से घोषित विशेष ट्रेनों के अतिरिक्त कुछ अन्य विशेष ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है दिल्ली से सीतामढ़ी के लिए दो जोड़ी पूजा विशेष ट्रेनों का परिचालन सोलह से उन्नीस नवम्बर तक किया जायेगा वहीं आनंद विहार से जयनगर के लिए एक जोड़ी विशेष ट्रेन का परिचालन चौदह सत्रह और बीस नवम्बर को होगा कटिहार जिले के मनसाही और बारसोई में अगलगी की अगल अलग घटनाओं में पैंतीस फूस के घर जलकर राख हो गए बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के सनहा के पास राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या इकतीस पर दो वाहनों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गयी वहीं दो अन्य घायल हो गये नालंदा जिले के किशोर पर्यवेक्षण गृह में बंद किशोर बंदियों के हाथों की बनी मोमबत्तियां से इस दीपावली में अधिकारियों के कार्यालय के साथ ही आचास भी रौशन होंगे जिला कृषि विज्ञान केन्द्र शेखपुरा में कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को चालू रबी मौसम में फसलों की बुआई के बारे में जानकारी दी इस अवसर पर प्रत्येक पंचायत के पांच गांव के किसानों को चना और मसूर का बीज भी उपलब्ध कराया गया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राज्यपाल फागू चौहान ने दीपावली पर लोगों को बधाई दी